सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है

इनमें खरगोन बैतूल छिंदवाड़ा और रतलाम शामिल हैं इन जिलों में वरिष्ठ अधिकारी कोरोना संक्रमण के नियंत्रण की व्यवस्थाओं को देखेंगे श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा में अधिक रोगी संख्या को देखते हुए संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए तीन दिन के लिए लॉक डाउन किया गया है इसके अलावा प्रदेश में संडे का लॉकडाउन जिन शहरों में पूर्व में रहा है वहां यथावत रहेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक अप्रैल से टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है

उधर खरगौन जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अब दो दिन शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा

रंगपंचमी रंग पंचमी का पर्व आज भोपाल इंदौर सहित विभिन्न जिलों में सादगी के साथ मनाया जा रहा है

लोगों को सांकेतिक त्योहार मनाए जाने की हिदायत दी गई है वहीं कोरोना के नियमों का पालन करना होगा लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं मुख्मयंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश वासियों को रंगपंचमी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए बढ़ते कोरोना संक्रमण में संयम बरतने और घर पर रहकर त्यौहार मनाने की अपील की है डिण्डोरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंगपंचमी पर बाजार और सड़के सूनी है यहां कोरोना संक्रमण के कारण कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं हो रहे हैं उधर आगरमालवा में रंगपंचमी का पर्व कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है

इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसाई सम्दाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं